सरकार क़षि कानून केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जोर देते हुए कहा है कि सरकार देश में गांव गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी य्नियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है कृषिमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अन्मति देते हैं कृषि कानूनों में अन्बंध कृषि के बारे में विपक्षी सदस्यों के कई प्रश्नों के जवाब में कृषिमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अन्बंध से बाहर जाने की अन्मति देते हैं उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी कृषि कानूनों पर उपजे मतभेदों के हल के लिए इस म्द्दे पर किसानों के साथ चर्चा के लिए उपलब्ध है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर शहर को सुंदर स्वच्छ और बुनियादी स्विधाओं से य्क्त बनाने के लिए तेज गति से कार्य किया जा रहा है हर नगर का पांच साला रोडमैप बनाया जा रहा है तथा उसके अनुसार स्नियोजित विकास होगा इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि शहरी पेयजल योजनाओं के माध्यम से अब हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है जिन पेयजल योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है वे शीघ्र पूर्ण होंगी

लोक प्रसारक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला श्रू की थी

अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान दिल्ली गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल राममनोहर लोहिया अस्पताल सफदरजंग अस्पताल मैक्स अस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल निमहंस बेंगल्रू के साथ ही कई अन्य केंद्रों ने देशभर के नागरिकों से मिले सवालों का उत्तर दिया है इस समय इस कार्यक्रम में वैक्सीनों के असर और उनके स्रक्षित होने से जुड़ी आशंकाओं का निराकरण किया जा रहा है

साथ ही वैक्सीन लग जाने के बाद भी सावधानी बरतने को कहा है

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज विमानतल पर एक निजी एयरलाइन्स कंपनी की इस उड़ान सेवा का श्भारम्भ किया उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बढ़ रही हवाई सेवाओं से पर्यटन सेक्टर में वृद्धि होगी और आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के मार्ग पर हम अधिक प्रभावी तरीके से चल सकेंगे एयरलाइन्स कंपनी के कैप्टन संजय मंडालिया ने जानकारी दी कि भोपाल से अहमदाबाद के लिए प्रति सोमवार ब्धवार और श्क्रवार को हवाई सेवा उपलब्ध होगी कम्पनी की भोपाल जबलप्र छिंदवाड़ा सतना और मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से भी उड़ानें आरंभ करने की योजना है इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं बिलासपुर नगर को जोड़ने का भी विचार है

उन्होंने बताया कि पालप्र कूंनो अभ्यारण्य में अफ्रीकन चीते लाये जाने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है म्रैना प्रवास के दौरान वे चम्बल घडिय़ाल अभ्यारण्य में घडिय़ालों के गो एण्ड रिलीज कार्यक्रम में भी शामिल हये

आज सुबह टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने दो जबकि रविचंद्रन अश्विन ने एक विकेट लिया